विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन पर सरकार जल्द लेगी फैसला राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्यारह हजार से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका और दस हजार से अधिक लोगों को लगाया गया द्रसरा टीका तीरंदाजी ओलंपिक क्वालीफायर के लिए झारखंड की दीपिका अंकिता और कोमालिका का चयन पेरिस में जून में होगा क्वालीफायर का मुकाबला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

श्री मोदी ने बैठक के दौरान समिति के सदस्यों से मिले नए और विभिन्न विचारों की सराहना की बैठक में राज्यपालों केंद्रीयमंत्रियों मुख्यमंत्रियों राजनीतिक नेताओं वैज्ञानिकों अधिकारियों मीडिया हस्तियों आध्यात्मिक गुरूओं कलाकारों तथा फिल्मी और खेलजगत की हस्तियों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे यह मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है जो त्रिपुरा राज्य और बंगलादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है मैत्री सेतु नाम भारत और बंगलादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सम्बन्धों और मित्रता का परिचायक है इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम लिमिटेड ने किया है

एक दशमलव नौ किलोमीटर लम्बा यह पुल भारत में सबरूम और बंगलादेश में रामगढ़ को जोड़ता है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और परस्पर संपर्क बढ़ेगा मैत्री सेतु के उद्घाटन से बंगलादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया है

प्रधानमंत्री सबरूम में एकीकृत जांच चौकी की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विस्थापितों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है राज्य सरकार इसके लिए विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग या कोई अन्य माध्यम से इस समस्या का समाधान करेगी मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा बजेट सत्र के दौरान यह आश्वासन सदन को दिया

वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में कल से अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई जो आज भी जारी रहेगी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कल जामा विधायक सीता सोरेन ने विधानसभा में बतौर सभापति दूसरी पाली में सदन का संचालन किया कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगो के दौरान उन्होंने आधे घंटे से अधिक सदन को चलाया दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की महिला विधायकों को उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया सातवें वेतनमान के अनुसार बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड के छह मेडिकल कालेजों के लगभग सात सौ जूनियर डॉक्टरों ने कल र्से ओपीडी बहिष्कार की घोषणा कर दी रांची स्थित रिम्स के अलावा पलामू हजारीबाग दुमका धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कालेज व अस्पतालों में मरीज कल इलाज के लिए परेशान रहे डाक्टरों ने कहा है कि आज भी ओपीडी बहिष्कार जारी रहेगा इस कारण रिम्स में कल दूसरी पाली से मरीज परेशान रहे वहीं जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कालेज व अस्पताल में व्यवस्था चरमरा गई

इस कारण वरीय चिकित्सकों पर बोझ बढ़ गया है उधर पलामू के मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कालेज अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप रहीं हालांकि इमरजेंसी सेवा बहाल थी

उधर स्वास्थ्य सचिव के साथ कल डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका इसके बाद डाक्टरों ने घूम घूमकर रिम्स का ओपीडी बंद कराया हालांकि गंभीर मरीजों को इलाज इमरजेंसी में किया जा रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार कल घोषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जेईई मेन्स के परिणामों में छह उम्मीदवारों ने हंड्रेड परसेंटाइज हासिल किये हैं इनमें दिल्ली के प्रवर कटारिया और रंजिम प्रबल दास गुजरात के अनंत कृष्णी किदांबी महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जी चंडीगढ़ के गुरमित सिंह और झारखंड के साकेत झा शामिल हैं साकेत बोकारो के रहने वाले हैं

इनमें विदेशों में स्थित नौ केन्द्र शामिल थे

इस वर्ष से यह परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को अपने अंक सुधारने का और मौका मिल सके

वहीं दूसरी ओर दस हजार तीन सौ बीस लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर प्रत्येक जिले में दो दो ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण हुआ इन केंद्रों को विशेष रूप से सजाया गया था तथा वहां महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे इन सभी केंद्रों पर टीकाकरण को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया

इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार तीन सौ बारह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चौवालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार सात सौ सैंतालीस पहुंच गई है राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार तिरानबे है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ बहतर पहुंच गई है

कल पुणे में रिकर्व तीरंदाजी की ओलंपिक चयन ट्रायल की टीम स्पर्धा में तीनों खिलाडियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान हासिल किया पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर मुकाबले में भारत सेमीफाइनल में भी स्थान बना लेता है तो फिर टोक्यो ओलंपिक की टीम स्पर्धा में दीपिका अंकिता और कोमालिका का खेलना पक्का है इसके साथ ही दीपिका अंकिता और कोमालिका को आने वाले दो विश्व कप में भी खेलने का मौका मिलेगा

वहीं तीरंदाजी के लिए भारतीय टीम में तीन पुरूषों को भी शामिल किया गया है जिनमें तीरंदाजी प्रवीण जाधव तरूनदीप राव और अतनुदास शामिल हैं संक्षिप्त खबरें गोस्वामी जाति को झारखंड राज्य में पिछड़ी जाति में शामिल करने को लेकर पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की टीम आज दो दिवसीय दौरे पर धनबाद आएगी स्थानीय परिसदन में एसडीओ सांख्यिकी पदाधिकारी सीओ बीडीओ तथा जिले के गोस्वामी जाति के प्रतिनिधियों के साथ टीम बैठक करेगी चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित मसूरिया नदी के पास कल देर रात बारातियों से भरी एक स्कार्पियो गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन बाराती घायल हैं

साथ ही ससमय आवास योजना का कार्य पूर्ण करने वाली महिलाओं और सफाईकर्मी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया

मालूम हो कि मई महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी

दैनिक भास्कर ने लिखा है युवक को चोर बता पहले मजदूरों ने मारा फिर पुलिस पर पीटने का आरोप मौत वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है रांची में उन्मादी भीड़ ने युवक को पीट पीट कर मार डाला वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है अपर बाजार में ट्रक चोरी का शक जता युवक को पीट कर मार डाला कोलकाता में आग लगने की घटना को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है मध्य कोलकाता में रेलवे की बिल्डिंग में आग नौ की मौत नौकरियों में पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है